राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों के विशेष फोक्स हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा महसुस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया गया है क्योंकि शिक्षक ही प्रबद्ध छात्र तैयार करते की ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय तथा जनपदों में संचालित समेकित कमान एवं नियंत्रण केन्द्र पूरी सक्रियता से कार्य करें उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों के जनपदों में सुचारू रूप से कार्य न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोवेड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोडने के लिये पूरी सतर्कता के साथ साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोविड नाइन्टीन के दृष्टिगत व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी स्निश्चित करें रेल मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारम किया यह रेलगाडी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापर के बीच चलेगी श्री पीयष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्मर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि यह रेलगाड़ी किसानों को समुद्व बनाएगी उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की दलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया अपने टवीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्मर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हाथ से बनी वस्तुओं के अधिक से अधिक इस्तेमाल की अपील की उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले आज ही के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरूआत हुई थी इस अवसर पर कपड़ा मंत्री ने आज छटे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आज गोरखपुर में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यो की समीक्षा की उन्हॉने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तटबंधों की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कैबिनेट मंत्री श्री राजगर ने कहा कि ग्राम स्तरीय समितियों से लगातार समन्वय बनाकर बाढ के सम्बंध में समय पर सचनाएं प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ प्रभावित क्षेत्रों में वेक्टरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यवाही की जाए और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं उपलब्ध करायी जाएं उन्होंने बाढग्रस्त इलाकों में पशुओं के टीकाकरण चारा भूसा आदि की व्यक्स्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए जनपद गोरखपुर में क्ल एक सौ बारह गांव बाढ़ प्रभावित हैं जिला प्रशासन ने कुल तीन सौ सत्तानबे नावों की व्यवस्था की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार चार सौ बत्तीस रोगी स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब तक क्ल छियासठ हजार आठ सौ चौतीस लोगों को बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छटटी दी जा चुकी है पिछले चौबीस घटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के चार हजार चार सौ छियासठ नए रोगियों की पुष्टि हई है जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या चवालीस हजार पांच सौ तिरसठ हो गयी है